विजय दिवस राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है

आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक टवीट में कहा है कि वे भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य को सलाम करते हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है जिन्होंने हर परिस्थितियों में देश की रक्षा की है विजय दिवस प्रदेश प्रदेशभर में विजय दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

चमोली जिला मुख्यालय में स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई इसके बाद युद्ध के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई

इस अवसर पर स्थानीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा देश भक्ति देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता से संबधित विषय पर आधारित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गए विजय दिवस पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया रुद्रप्रयाग में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों का स्मरण कर उन्हें श्रद्वांजलि और श्रद्वासुमन अर्पित किये गये युद्ध के दौरान दोनों हाथ गंवा चुके राइफलमैन दयाल सिंह रौतेला समेत शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया उधर अल्मोड़ा में आर्मी केँट के शहीद स्मारक में भारत की जीत की वर्षगांठ मनायी गयी

विजय दिवस के अवसर पर शहीदों के परिवार जनों को सम्मानित किया गया हल्द्वानी में भी जिले के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई इस दौरान शहीदों की वीरांगनाओं और युद्ध में शामिल सैनिकों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर निबन्ध और खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया

इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि शहीद सैनिकों के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधा के लिए विकास खण्ड कपकोट में सैनिक कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है विजय दिवस सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आजादी के बाद देश की एकता और अखण्डता के लिए जो भी युद्ध हुए उसमें उत्तराखण्ड की अहम भूमिका रही है आज विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्दांजलि दी इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित भी किया

उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और पर्यावरण के प्रति उत्तराखण्ड के लोग काफी जागरूक हैं

विभाग को कुछ महीनों से खबर मिल रही थी कि जीएसटी की तहत फर्जी तरीके से पंजीयन लेकर करोड़ों रुपये का कारोबार ई वे बिल के माध्यम से किया जा रहा है

इसके बाद इन फर्मो द्वारा आपस में ही खरीद बिक्री के साथ साथ प्रांत से बाहर की फर्मो को भी खरीद बिक्री दिखाई जा रही है इस फर्जीवाड़े का दायरा अन्य राज्यों तक फैला हुआ है राज्य कर आयुक्त सौजन्या और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के संयुक्त आयुक्त अमित गुप्ता ने कहा कि राज्य में इस प्रकार फर्जी तरीके से व्यापार करने वाले व्यापारियों पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग और राज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है

साथ ही औसतन डेढ़ लाख यूनिट प्रतिमाह का उपभोग हो रहा है

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्मेलन के बारे में जानकारी दी

कल सचिवों का सम्मेलन होगा जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के महासचिव प्रतिभाग करेंगे

इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सम्मेलन में कार्यसूची के बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी

समापन सत्र को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य संबोधित करेंगी इसके बाद सभी मेहमान ऋषिकेश के लिये प्रस्थान करेंगे जहां वो त्रिवेणी घाट पर सायंकालीन गंगा आरती और भजन संध्या में प्रतिभाग करेंगे सम्मेलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आये प्रतिनिधियों को उत्तराखंड कीसंस्कृति और विरासत की झलक देखने को भी मिलेगी विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक सम्मेलन में आये सभी पीठासीन अधिकारियों का स्वागत गुलदस्ते के स्थान पर प्रदेश के बुनकरों द्वारा तैयार किये गये मफलर भेंट कर किया जायेगा सम्मेलन के दौरान उत्तराखण्ड के पारम्परिक व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आये सभी मेहमानों को राज्य गठन के बाद से अब तक हुए विकास यात्रा के बारे में एक डॉक्यूमेन्ट्री के माध्यम से अवगत कराया जायेगा

वहीं उद्घाटन सत्र में आये सभी मेहमानों के स्वागत समारोह में सांस्कृतिक दल छोलिया नृत्य की प्रस्तुति देंगे सीएबी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन अत्यंत द्भाग्यपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व लोगों को बांटने और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि समय की जरूरत लोगों को एकजुट कर देश के विकास और देशवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने की है अपने कई ट्वीट में उन्होंने कहा कि विचार विमर्श और मतभेद लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है लेकिन सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहंचाना और सामान्य जनजीवन में व्यावधान लाना कभी इसका हिस्सा नहीं रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि हम सभी मिलकर गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए अपना योगदान करें नागिरकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों में असमानता हो सकती है लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं